छत्तीसगढ़ विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हुआ सत्र के पहले दिन पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी सहित तीन अन्य दिवंगत विभूतियों को श्रद्वांजलि दी गई राज्य सरकार आबादी भूमि में काबिज प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता रखने वाले परिवारों को हितग्राही प्रमाण पत्र और आवास निर्माण के लिए सहायता राशि देगी छत्तीसगढ़ को आज नई दिल्ली में केंद्रीय योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पंद्रह राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया

आज सुबह पोषण माह के अंतर्गत देशभर की आशा एएनएम और आंगनबाड़ी सेविकाओं से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये बातचीत में श्री मोदी ने कहा कि सरकार आशा एएनएम आंगनबाड़ी सेविकाओं के कल्याण के लिए कई उपाय कर रही है उन्होंने बताया कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं का मासिक मानदेय तीन हजार रुपए से बढ़ाकर चार हजार पांच रुपए कर दिया गया है इसी वर्ग में दो हजार दो सौ पचास रुपए का मासिक मानदेय प्राप्त करने वाली कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाकर तीन हजार पांच सौ रुपए मासिक कर दिया गया है आंगनवाड़ी सहायिकाओं का मासिक मानदेय भी डेढ़ हजार रुपए से बढ़ाकर दो हजार दो सौ रुपए कर दिया गया है

इतना ही नहीं सभी आशा कार्यकर्ताओं और उनकी सहायिकाओं हेल्पर को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत मुफ्त में बीमा सुरक्षा दी जाएगी यानि दोनों मिलाकर के चार लाख रूपए का आपका बीमा यानि दो दो लाख के तहत आपको आपको परिवार के लिए सुनिश्चित की गई है

उन्होंने कहा कि लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने जिस सोच से गणेश उत्सव प्रारंभ किया था उसी सोच के अनुरूप छत्तीसगढ़ में भी कमरछठ के माध्यम से बच्चों के पोषण का संदेश और रक्षाबंधन के माध्यम से पोषण रक्षा सुत्र अभियान पूरे देश के लिए एक मिसाल है इस मौके पर प्रधानमंत्री ने प्रदेश के रायपुर और राजनादगाव जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं मितानिन और एएनएम कार्यकर्ताओं से चर्चा कर पोषण अभियान के क्रियान्वयन अनुभव और चुनौतियों पर चर्चा करते हए उनके सुझाव भी लिए राजनादगांव जिले की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता शांति साहू और श्यामा आप्टे ने बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री को इस बात से अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ में किस तरह से स्थानीय त्यौहारों को पोषण से जोड़कर जागरूकता का संदेश दिया जा रहा है

विधानसभा विशेष सत्र छत्तीसगढ़ विधानसभा का दो दिवसीय विशेष सत्र आज से शुरू हो गया है सत्र के पहले दिन आज पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी राज्यपाल बलरामजी दास टंडन पूर्व लोकसभा अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी और छत्तीसगढ़ के पूर्व वित्त मंत्री रामचंद्र सिंहदेव को सदन में श्रद्वांजलिंदी गई और उनसे जुड़ी यादों को साझा किया गया विधानसभा अध्यक्ष गौरीशंकर अग्रवाल मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और नेता प्रतिपक्ष टीएस सिंहदेव सहित पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों ने इन र्नताओं से जुड़ी अपनी यादों का जिक्र करते हुए प्रदेश देश और समाज के लिए उनके द्वारा किए गए योगदानों का स्मरण किया इसके बाद सदन में सदस्यों ने दो मिनट का मौन रख सभी दिवंगत नेताओं को श्रद्वांजलि दी दिवंगत नेताओं के सम्मान में सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित कर दी गई इस दौरान विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने चालू वित्तीय वर्ष के लिए चौबीस सौ करोड़ रूपये का दूसरा अनुप्रक बजट पेश किया इस पर सदन में कल चर्चा कराई जाएगी मंत्रिपरिषद निर्णय राज्य सरकार आबादी भूमि में काबिज प्रधानमंत्री आवास योजना की पात्रता रखने वाले परिवारों को हितग्राही प्रमाण पत्र और आवास निर्माण के लिए सहायता राशि देगी यह निर्णय कल शाम राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया बैठक में साग सब्जियों फलों तथा फूलों की खेती करने वाले किसानों के लिए छत्तीसगढ़ शाकम्भरी बोर्ड का गठन करने और सहकारी समितियों कें माध्यम से धान खरीदी के लिए डाटा एंट्री ऑपरेटरों का नियोजन बाहर की एजेंसियों के माध्यम से कराने के निर्णय को एक साल के लिए स्थगित रखने का भी फैसला किया गया डाटा एंटी ऑपरेटरों का नियोजन समितियों द्वारा किया जाएगा इस पर आने वाला व्यय भार छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड को प्रतिपूर्ति मद के तहत राज्य शासन द्वारा किया जाएगा इस निर्णय से प्रदेश के लगभग दो हजार डाटा एंटी ऑपरेटरों को लाभ मिलेगा छत्तीसगढ़ पुरस्कार छत्तीसगढ़ को आज केंद्रीय योजनाओं में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के लिए पंद्रह राष्ट्रीय पुरस्कारों से नवाजा गया नई दिल्ली में आयोजित समारोह में केंद्रीय पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री नरेन्द्र तोमर के हाथों प्रदेश के अधिकारियों ने इन पुरस्कारों को ग्रहण किया इस मौके पर श्री तोमर ने इस बात पर प्रसन्नता जताई कि छत्तीसगढ़ आज देश में एक साथ पंद्रह राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित होने वाला राज्य बना मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने राष्ट्रीय पुरस्कार मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है उन्होंने कहा कि यह राज्य के लिए एक गौरवशाली और नया कीर्तिमान है डॉक्टर सिंह ने इसके लिए प्रदेशवासियों सहित राज्य के पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर और विभाग से संबंधित इन योजनाओं से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है विवि कुलपति बैठक राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा है कि उत्कृष्ट विश्वविद्यालयों की श्रेणी में शामिल होने के लिए विश्वविद्यालयों को एक रोडमैप बनाना चाहिए उन्होंने सभी विश्वविद्यालयों में एंटी रैगिंग सेल और बालिकाओं के लिए लैंगिक शोषण प्रकोष्ठ बनाने के भी निर्देश दिए हैं यह निर्देश राज्यपाल ने आज राजभवन में आयोजित कलपतियों की बैठक में दिए उन्होंने कहा कि सभी विश्वविद्यालयों में जरूरतमंद विद्यार्थियों के लिए एक निधि बनानी चाहिए जिसे विद्यार्थी आपस में ही इकट्ठा करें श्रीमती पटेल ने पीएचडी में होने वाले अनियमितताओं को रोकने के लिए साक्षात्कार की वीडियो रिकॉर्डिंग कराने को भी कहा

ग्रामीणों के शव पुलिस ने रेलवे स्टेशन के पास से बरामद किया है पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक बचेली थाना क्षेत्र के ग्राम बचेली में पिछले दिनों माओवादी दो ग्रामीणों का अपहरण कर उन्हें जंगल की ओर ले गए थे बाद में दोनों की हत्या कर दी ग्रामीणों के शवों के पास मिले पर्चे में प्रतिबंधित माओवादी संगठन के पश्चिम बस्तर डिवीजिनल कमेटी ने घटना की जिम्मेदारी ली है आयकर छापा आयकर विभाग की टीम ने प्रदेश के छह उद्योगपतियों के ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है मिली जानकारी के मुताबिक आयकर विभाग के अधिकारी छह स्पंज आयरन कारोबारियों के रायपुर बिलासपुर दुर्ग रायगढ़ भिलाई सहित अन्य शहरों में स्थित उनके कार्यालय और फैक्ट्रियों में जांच कर रहे हैं इस कार्रवाई में रायपुर के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों के अलावा भोपाल और इंदौर के सौ से ज्यादा अधिकारी शामिल हैं

यह आदेश एक अप्रैल दो हजार बारह से प्रभावी माना जाएगा

इस अवसर पर प्रदेश के वन मंत्री महेश गागड़ा ने राजधानी रायपुर के राजीव स्मृति वन परिसर में नवनिर्मित वन शहीद स्मारक का लोकार्पण किया